इसके साथ ही चार राज्यों आंध्रप्रदेश ओड़ीसा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती भी हो रही है कुल पाच सौ तिरालीस संसदीय सीटों में से पाच सौ बयालीस सीटों के लिए चुनाव आयोजित किया गया था लगभग आठ हजार उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े है वी वी पैट की इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से मिलान के कारण चुनाव परिणामो के देर शाम तक मिलने की संभावना है यह पहली बार है कि ई वी एम का वी वी पैट से मिलान किया जा रहा है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा और चार विधानसभाओं के सटीक और ताजा परिणाम देने के लिये व्यापक प्रबंध किये है पहली बार आकाशवाणी लगातार चालीस घंटे का चुनाव परिणाम पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगी सामाचार सेवा प्रभाग आज सुबह सात बजे से कल रात ग्यारह बजे के दौरान दस दस मिनट के बुलेटिन प्रसारित करेगा अंग्रेजी और हिंदी के दिन के बुलेटिनों का समय पंद्रह मिनट बढ़ा दिया गया है यह समय सोमवार तक जारी रहेगा

प्राप्त ताजा रुझानों के अनुसार एन डी ए कुल तीन सौ इक्कावन सीटों पर आगे चल रही है जबकि यू पी ए सत्तासी और अन्य एक सौ चार सीटों पर बढ़त बना ली है अकेली भारतीय जनता पार्टी दो सौ निन्यानवे सीटों से आगे चल रही है और कांग्रेस बावन सीटों पर जे डी यू सोलह सीटों पर शिवसेना अट्ठारह वाय एस आर कांग्रेस चौबीस टी आर एस आठ बी एस पी बारह तृणमूल कांग्रेस बाईस बीजू जनता दल चौदह डी एम के इक्कीस और अन्य छह सीटो पर बढ़त बना ली है वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी प्रमुख अमित शाह स्मृति इरानी और राजनाथ सिंह नितिन गडकरी हंसराज अहीर पूनम महाजन और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी बढ़त बनाये हुए है अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की दोनो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है केंद्रीय मंत्री किरेन रीजिजू पश्चिमी संसदीय सीट से और भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष तापिर गाव पूर्वी सीट पर आगे चल रही है अरुणाचल प्रदेश विधान सभा चूनाव परिणामों के ताजा रुझानो के अनुसार कुल सत्तावन सीटो में से भारतीय जनता पार्टी ने अटठारह सीटो पर कांग्रेस तीन सीटो पर जनता दल यूनाईटेड चार और निर्दलीय उम्मीदवार एक सीट पर बढ़त बना ली है जनता दल यूनाईटेड के उम्मीदवार तेची कासो लगातार तीसरी बार ईटानगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए है उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के किपा बाबू को करीब तीन सौ मतो से पराजित किया

एनपीपी के विधायक और खोनसा पश्चिम विधानसभा सीट के उम्मीदवार तिरोंग अबोह का खोनसा के पास कुछ अज्ञात बंद्रकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी सेना ने रात में उड़ सकने वाले और रात में देख सकने वाले उपकरणों से लैस विशेष हेलीकॉप्टर तलाशी में लगाए है तलाशी में ड्रोन विशेष पहचान करने वाले कुत्तों को भी लगाया गया है सेना के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि हत्यारों के भाग निकलने के सभी संभावित रास्ते बंद कर दिए गए हैं नागालैंड अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर गहन जांच की जा रही है भारतीय वायुसेना ने आज अपने एस यू तीस एम के आई लड़ाकू विमान से हवा से मार करने वाली ब्रम्होस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया रक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि सतह पर अपने लक्ष्य को भेदने से पहले मिसाइल ने निर्धारित पथ का अनुसरण किया यह ढाई टन का हवा से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है

मंत्रालय ने सभी निजी टेलीविजन चैनलों को परामर्श जारी कर कहा है कि दिशा निर्देशों का कोई उल्लंघन नही होना चाहिए भारत से टेलीविजन की अपलिंकिग के दो हजार ग्यारह के नीतिगत दिशा निर्देशों के अनुसार मंत्रालय समाचारों और गैर समाचार श्रेणी के अंतर्गत अपलिंकिंग की अनुमति देता है गैर समाचार टेलीविजन चैनल की अपलिंकिग का आवेदन करते समय आवेदक कंपनी को वचनबंध देना होता है कि प्रस्तावित चैनल विशुद्ध रुप से मनोरंजन चैनल है और उस पर समाचार या सम सामायिक घटनाओं पर आधारित कोई कार्यक्रम नहीं होगा